चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव में मतगणना का संपूर्ण कार्य महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा

नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश में नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष तथा नगर पालिक निगम के महापौर का निर्वाचन अब अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की तैयारी है इसके तहत निर्वाचित पार्षदों द्वारा नगर पालिक निगम के महापौर नगर पालिक परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस संबंध में विचार करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है समिति की सिफारिश पर आगे फैसला लिया जाएगा श्री बघेल ने यह भी कहा कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से और बेहतर समन्वय के साथ काम हो सकेगा वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने महापौर और अध्यक्ष के अप्रत्यक्ष चुनाव को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री को जनता पर भरोसा नहीं है अप्रत्यक्ष चुनाव से खरीद फरोख्त बढ़ेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी करारा प्रहार होगा उल्लेखनीय है कि अधिनियम के तहत प्रदेश में फिलहाल नगर पालिक निगम के महापौर तथा नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का प्रावधान है माओवादी अपहरण मुठभेड़ दंतेवाड़ा जिले में सड़क निर्माण कार्य में लगे तीन लोगों को माओवादियों द्वारा अपहरण के बाद रिहा किए जाने की खबर है पुलिस इस मामले की तस्दीक कर रही है इधर राजनांदगांव जिले के मानपुर क्षेत्र के सुडियाल और बुकमरका के जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए बाद में तलाशी अभियान के दौरान घटनास्थल से आईईडी सोलर प्लेट पिट्टू बैटरी वायर और बर्तन सहित बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई श्यामगिरी न्यायिक जांच दंतेवाड़ा की श्यामगिरी घटना की जांच के लिए गठित विशेष न्यायिक आयोग द्वारा आज रायपुर में सुनवाई की गई आयोग ने बयानों के परीक्षण के लिए ग्यारह लोगों को बुलाया था जिनमें से दस लोग आज उपस्थित हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री ने पूर्व विधायक स्वर्गीय भीमा मंडावी की पत्नी ओजस्वी मंडावी और उप महाधिवक्ता रजनीश सिंह को सुनने के बाद घटना से जुड़े स्वतंत्र गवाहों का बयान लिया सुनवाई में उपस्थित गवाहों के शपथ पत्र तैयार नहीं होने पर उन्हें शपथ पत्र जमा करने के लिए इकतीस अक्टूबर तक का समय दिया गया आयोग की अगली सुनवाई रायपुर में नौ नवंबर को होगी उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान श्यामगिरी में दंतेवाड़ा के तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी के काफिले पर माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में श्री मंडावी और चार सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हो गई थी चित्रकोट उप चुनाव चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव में मतगणना का संपूर्ण कार्य महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा मतदान के साथ ही मतगणना की तैयारियां भी जोरशोर से चल रही हैं इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा वहीं चौबीस अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी मतगणना के लिए महिला कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है इन कर्मियों को आज जगदलपुर जिलाधीश कार्यालय में पहले चरण का प्रशिक्षण दिया गया दूसरे चरण में तेईस अक्टूबर को मतगणना स्थल पर रिहर्सल कराया जाएगा डिजिटल प्रदर्शनी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो द्वारा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर आज से रायपुर में डिजिटल प्रदर्शनी शुरू हो गई है

इस मौके पर श्री सोनी ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन के बारे में लोगों को जानने का मौका मिलेगा

इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के अमूल्य योगदान की झलक भी प्रदर्शित की गई है सोलह अक्टूबर तक चलने वाली यह प्रदर्शनी सुबह ग्यारह बजे से रात आठ बजे तक लोगों के लिए खुली रहेगी

स्थानीय बाबू पंढरीराव कृदत्त इंडोर स्टेडियम में सुबह पांच बजे से आयोजित इस भर्ती रैली में प्रदेशभर के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे यह भर्ती रैली दो चरणों में होगी पहले चरण के तहत कल और परसों होने वाली इस रैली में तेरह जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे इनमें बालोद बस्तर बीजापुर दंतेवाड़ा दुर्ग गरियाबंद कांकेर कोंडागांव महासमुंद नारायणपुर रायगढ़ राजनांदगांव और सुकमा शामिल हैं इसी तरह दूसरे चरण में सोलह और सत्रह अक्टूबर को होने वाली रैली में चौदह जिलों धमतरी रायपुर बलौदाबाजार बलरामपुर बेमेतरा बिलासपुर जांजगीर चांपा जशपुर कवर्धा कोरबा कोरिया मुंगेली सरगुजा और सूरजपुर के प्रतिभागी शामिल होंगे

इस दौरान उन्होंने चलित रेल अस्पताल की सुविधा का जायजा लिया और डॉक्टरों तथा मरीजों से बातचीत की इस अवसर पर आयोजित आमसभा में मुख्यमंत्री ने लगभग दो सौ इकहत्तर करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिप्जन भी किया कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे ट्रेन परिचालन प्रभावित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेलमंडल के हथबंध स्टेशन पर बिलासपुर रायपुर रेललाइन में लॉन्ग लूप का कार्य होने के कारण कल से बीस अक्टूबर तक कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा इस दौरान लगभग एक दर्जन ट्रेनें रद्द रहेंगी इनमें सारनाथ साउथ बिहार गरीब रथ गोंदिया बरौनी दुर्ग अंबिकापुर जैसी ट्रेनें रायपुर से बिलासपुर के बीच रद्द रहेंगी वहीं कुछ ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त कर दिया जाएगा रेल प्रशासन का दावा है कि हथबंध में लॉन्ग लूप बनने से रायपुर मंडल में ट्रेनों की समयबद्वता कायम रखने में मदद मिलेगी तथा ट्रेनों का परिचालन और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा बस्तर दशहरा संपन्न पचहत्तर दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आज मांईजी की डोली विदाई की अंतिम रस्म के साथ संपन्न हो गया दंतेवाड़ा से बस्तर दशहरा में शामिल होने आई मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र को आज सुबह बाजे गाजे के साथ मंदिर से बाहर मंच पर लाया गया जहां पूजा अर्चना के बाद गार्ड ऑफ ऑनर और बंदूक से सलामी दी गई इसके बाद डोली और छत्र को आतिशबाजी और बाजे गाजे के साथ गीदम रोड स्थित जिया डेरा मंदिर लाया गया इस मौके पर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई इसके बाद माता की डोली और छत्र को दंतेवाड़ा के लिए विदा किया गया लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की तीसरी कड़ी का प्रसारण कल तेरह अक्टूबर को होगा लोकवाणी में इस बार का विषय स्वास्थ्य और मातृशक्ति रखा गया है यह प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों के अलावा एफएम रेडियो और क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से दस बजकर पचपन मिनट तक होगा जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा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 इस बार के अंक में कोंडागांव जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ईस्ट रेल परियोजना के अंतर्गत खरसिया से कोरीछापर तक चवालीस किलोमीटर लंबी नवनिर्मित रेललाइन पर आज पहली मालगाड़ी का सफलतापूर्वक परिचालन किया गया राज्य के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की दूसरी किश्त के भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है राजधानी रायपुर में आगामी सत्ताईस अट्ठाईस और उनतीस दिसंबर को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने आज इस नृत्य महोत्सव के लोगो का विमोचन किया छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के एक फरार आतंकवादी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है पुलिस पिछले छह वर्षो से इस आतंकवादी की तलाश कर रही थी